इस दौरान वे सतलुज जल विद्युत निगम के झाकड़ी पावर हाउस के ऑडिटोरियम में लोगों से मिलेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री रामपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नोगली के सांइस ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे शाम को मुख्यमंत्री रामपुर के मेला मैदान में चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे

ये दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है चाचा नेहरू को बच्चों से विशेष लगाव था इसलिये उन्होंने ये दिन बच्चों को समर्पित किया इस अवसर पर बच्चों के अधिकार देखभाल और शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है समिति बैठक प्रदेश विधानसभा की अधीनस्थ विधायन और मानव विकास समितियों की दो दिवसीय बैठक कल शिमला में सम्पन्न हुई अधीनस्थ विधायन समिति की बैठक में प्रदेश मुद्रण व लेखन सामग्री और मत्स्य विमागों से सम्बन्धित विभिन्न श्रेणियों के भर्ती व पदोन्नतियों नियमों की संवीक्षा करने के बाद अनुमोदित किया गया मानव विकास समिति की बैठक में योजना विभाग की गतिविधियों की प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों का अवलोकन कर इन पर प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया गया

ये दिवस आम लोगों में इस बिमारी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है आध्रनिक बदलती जीवन शैली के कारण यह रोग बड़ी तेजी से अपने पांव पसार रहा है और शहरी ही नहीं ग्रामीण इलाकों के लोग मी इसकी चपेट में आ रहे हैं प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर गोपाल चौहान ने लोगों को मधुमेह से बचाव के लिए नियमित व्यायाम करने अपनी खानपान की आदतें सुधारने और ताजे फल खाने की सलाह दी है स्टार्टअप योजना राज्य सरकार केन्द्र की औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग के तत्वावधान में प्रदेशमर में स्टार्ट अप यात्रा का आयोजन कर रही है यात्रा का उद्देश्य देश और प्रदेश में स्टार्ट अप योजना व मुख्यमंत्री स्टार्ट अप योजना के तहत हासिल प्रगति को प्रदर्शित करना है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है रोहतांग बंद पांच माह के लिए कटी लाहौल घाटी म्याड़ में गिरा हिमखंड पंजाब केसरी लिखता है बर्फबारी में फंसे दर्जनों वाहन अलर्ट जारी दैनिक जागरण के शब्द हैं लाहौल स्पीति की म्याड़ घाटी में ग्लेशियर खिसकने से फंसी बस दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है फिर लौटा बर्फबारी का दौर रोहतांग बंद हिमाचल प्रदेश किकेट एसोसिएशन से जुड़े मामले पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है एचपीसीए एक और मामले में बरी सुप्रीम कोर्ट से स्टेडियम बनाने के लिए चार सरकारी आवास गिराने पर दर्ज एफआईआर की खारिज जबकि दैनिक भास्कर ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट से सांसद अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत पंजाब केसरी के शब्द हैं एचपीसीए मामले में अफसरों को नामजद करने पर उठे सवाल

अमर उजाला की एक खबर है कर्ज में डूबी प्रदेश सरकार खरीदेगी तीन और फॉर्च्यूनर दैनिक भास्कर ने खबर दी है नैक से ए ग्रेड लेने वाले एचपीयू के इक्डोल की इस साल की मान्यता रद्द नहीं होगी एडमिशन आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है नशा और नाश में ज्यादा अंतर नहीं इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है एनजीटी के आदेशों का राज्य सरकार को अभी तक नहीं मिल पाया कोई तोड़

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय हिमाचल पुलिस के संबोधन में लिखा है कि प्रदेश की तरक्की व सामाजिक महत्वांकांक्षा से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के बीच खरे खोटे संस्कारों का स्पर्श जिस तेजी से चुनौतियां पैदा कर रहा है उसे देखते हुए पुलिस महकमे को सशक्त करने की जरूरत है दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय अफसरशाही की सुस्ती में लिखा है कि किसानों बागवानों के हित से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने में अफसरशाही को सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए